रंगों उमंगों और खुशियों का त्योहार होली पूरे प्रदेश में उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत और बसंत के आगमन का प्रतीक है सुबह से ही सड़कों पर युवाओं की टोली एक दूसरे को रंग गुलाल और अबीर लगाकर होली का उत्सव मना रही है पूरा प्रदेश होली के राग और फाग के खुमार में डूबा नजर आ रहा है जिला मुख्यालय से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं इस अवसर पर परंपरागत होली गीतों से पूरा वातावरण गुंजायमान है इस अवसर पर घरों में खास व्यंजन भी तैयार किये गये हैं होली के मद्देनजर प्रदेश में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए कई प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को होली की बधाई दी है राष्ट्रपति ने अपने संदेश में आशा व्यक्त करते हुये कहा कि इस पर्व के माध्यम से देश की अमूल्य विरासत और जीवन मूल्यों में लोगों का विश्वास बढ़े तथा यह त्योहार सभी लोगों में परस्पर सद्भाव व मैत्री को और मजबूत बनाए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा है कि रंगों का यह त्यौहार मिलजुल कर एकता भाईचारे और स्नेह की भावना में आनंद मनाने का अच्छा अवसर है होली के अवसर पर उन्होंने देशवासियों से समाज को एक सूत्र में पिरोने वाले मैत्री और सौहार्द के बंधन को मजबूत बनाने का आह्वान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी होली के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने आशा व्यक्त की है कि होली का त्योहार सभी देशवासियों के जीवन में प्रसन्नता लाएगा राज्यपाल फागू चौहान ने अपने श्रभकामना संदेश में कहा है कि इस त्योहार से हमारी सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता की भावना वलवती होती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा व्यक्त की है कि होली का यह पवित्र त्योहार लोगों के जीवन में खुशियों का नया रंग लेकर आयेगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधानपरिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लोजपा के रामविलास पासवान रालोसपा संरक्षक उपेन्द्र कुशवाहा हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत अन्य दलों के नेताओं ने भी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष कोरोना वायरस के मद्देनजर परम्परागत होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह कई केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना वायरस के कारण इस बार होली नहीं मनाई इधर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित राज्य के कई मंत्रियों ने भी कोरोना वायरस को देखते हुये होली उत्सव में भाग नहीं लिया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सौ से अधिक देशों में घातक नोवेल कोरोना वायरस के फैलने के बाद ये एक वैश्विक महामारी बन गया है कोरोना वायरस को देखते हुये बिहार सरकार ने भी पूरी तैयारी की है सभी जिला और मेडिकल कॉलेजों को मानक संचालन प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है इसके साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और इन्फ्रारेड थर्मामीटर भी अस्पतालों को दिए गए हैं पटना और गया हवाई अड्डे पर यात्रियों की विशेष जांच की जा रही है बिहार की पांच सीटों के साथ राज्यसभा की पचपन सीटों के लिए छब्बीस मार्च को होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गयी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया बैठक में चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए मंत्रणा की गयी देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कुल राशि वर्ष दो हजार चौदह से दो हजार सत्रह के बीच तीन सौ अठारह अरब अमरीकी डालर को पार कर गयी है यह राशि अप्रैल दो हजार के बाद से देश में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग पचास प्रतिशत है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मेक इन इंडिया के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका महत्वपूर्ण है केन्द्र सरकार ने किसान रेल चलाने से संबंधित तैयारियों के लिए एक समिति का गठन किया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि इस समिति में कृषि और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं उन्होंने बताया कि जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के कोल्ड स्टोरेज युक्त एक्सप्रेस और मालगाडी चलाई जा सकती है पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के कुछ स्थानों पर अगले चार दिनों के दौरान वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में रात के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आयेगा पन्द्रह मार्च के बाद अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है प्रदेश में आज अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो गयी वहीं पन्द्रह अन्य घायल हो गये भागलपुर जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के खराहरा में ऑटो और मोटरसाईकिल की टक्कर में तीन लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि चार अन्य घायल हो गये बेग्रसराय जिले के मंझौल थाना क्षेत्र के राज्य उच्च पथ पचपन पर सड़क दुर्घटना में दो बच्चों की मौत हो गई वहीं पांच अन्य घायल हो गये इधर सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र के बंसीचाचा पूल पर दो वाहनों के बीच हयी टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि पांच अन्य घायल हो गये वहीं शेखपुरा बरबीघा मुख्य पथ पर बीहटा गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया दूसरी तरफ जमुई जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गयी प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ग्यारह अप्रैल की जगह अब नौ मई को होगा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को बदली हुई तिथि के आधार पर तैयारी करने का निर्देश दिया है लोक अदालत में सत्रह प्रकार के मामलों का बिना शुल्क निपटारा किया जायेगा बिहार विद्यालय समिति ने इंटर की कॉपियों की जांच की समय सीमा नौ मार्च से आगे बढ़ा दी है शिक्षा विभाग ने बताया है कि कुछ केन्द्रों पर मुल्यांकन का काम प्ररा नहीं होने के कारण समय सीमा को बढ़ाया गया है प्रदेश के पूर्व मंत्री मोती लाल कानन का निधन हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि वे एक कुशल राजनेता और प्रसिद्ध समाजसेवी थे उन्होंने मोती लाल कानन का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कराने की घोषणा की है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने भी पूर्व मंत्री मोती लाल कानन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है रेल मंत्रालय देश में विश्वस्तरीय तकनीक और सेवाओं के साथ निजी यात्री रेलगाड़ियां को चलाने की योजना बना रहा है इसके लिए नियम और शर्ते निर्धारित करने के लिए सचिवों के एक समूह का गठन किया है फिलहाल देश में कोई भी रेल यात्री सेवा निजी ऑपरेटरों की ओर से नहीं चलाई जा रही है कटिहार जिले में उत्पाद विभाग और स्थानीय पूलिस की टीम ने लगभग एक दर्जन थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर एक हजार लीटर से अधिक शराब के साथ छह तस्करों को गिरफ्तार किया है इधर अररिया जिले के आरएस ओपी क्षेत्र के टॉल प्लाजा के पास पुलिस ने दो वाहनों से भारी मात्रा में शराब के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं बेगूसराय जिले के जीरो माईल थाना क्षेत्र के पपरौर में पुलिस ने एक घर से सौ किलो गांजा बरामद किया है सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के सोनबरसा मुहल्ला में एक कारोबारी को लूटने आये दो लुटेरों को स्थानीय लोगों ने पीट पीटकर मार डाला वहीं कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हफलागंज गांव में अपराधियों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी इस घटना में एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया बक्सर जिले के नगर थाना क्षेत्र के आदर्शनगर मुहल्ला से पुलिस ने तीन अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है वहीं मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के डुमरी से पूलिस ने दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है